उन्होंने कहा कि विकास के लिए ऊर्जा जरुरी है और इसी को ध्यान में रखते हए राज्य सरकार जल विद्य्त ऊर्जा की अपार संभावनाओं का विकास करते ह्ए राज्य को आत्म निर्भर बनाने के अलावा देश के विकास हेत् ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने में योगदान करने का प्रयास कर रही है इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी म्ख्यमंत्री नीती आयोग के वरिष्ठ अधिकारी डोनर मंत्रालय और यू एन डी पी के सादस्यों ने भी भाग लिया नाहरलग्न रेलवे स्टेशन पर लाईफ लाईन एक्सप्रेस इन दिनों लोगों को निश्ल्क चिकित्सीय परामर्श और जरुरी इलाज उपलब्ध करा रही है इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से प्रायोजित लाईफ लाईन एक्सप्रेस इंडिया फाउंडेशन के चिकित्सा प्रबंधक डॉक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि सत्रह फरवरी से श्रु ह्ए इस ट्रेन कैंप में अबतक एक सौ दस लोगों के मोतियाबिंद संबंधी ऑपरेशन किए जा चुके है जबकि एक हजार से ज्यादा लोगो ने आखो की इलाज के लिए अपने पंजीकरन करा रखा है उन्होंने बताया कि लाईफ लाईन एक्सप्रेस में कैंसर संबंधी जांच के लिए डॉक्टर उपलब्ध है और अबतक दौ सौ से ज्यादा लोगों के ओरल कैंसर स्तन और गर्भाशय कैंसर संबंधी जांच की जा च्की है और कै नमूने जांच के लिए मूंबई और ग्वाहाटी भेजे गए है आने वाले मरीजों ने भी लाईफ लाईन एक्सप्रेस के कामों की प्रशंसा करते हुए इसे एक बहुत अच्छा कदम बताया

एक प्रेस कॉनफ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा कि घोटाले को फास्ट ट्रेक्ड किया गया है और सरकार इस घोटाले के तह तक पहंचकर अपराधी को सजा दिलाएंगे

उन्होंने कहा कि ग्र्प सी और ग्र्प डी पदों की जिला कोटा की स्थिति यथा स्थिति बनी रहेगी श्री फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार ऑफस्प्रींग मुद्दे पर बैठक की और इस पर वैधता और प्रासंगिक कानूनों का पता लगाकर एक तार्किक तंत्र के साथ इस मुद्दों का समाधान खोजेंगे राष्ट्रीय विदयुत कॉपरेशन लिमिटेड एन एच पी सी लिमिटेड के चेयरमेन और प्रंबंधन निदेशक के रुप में अभेय सिंह ने सोमवार को पदभाग संभाला इससे पहले श्री सिंह एन एच पी सी के कार्यकारी निदेशक के रुप में कार्यरत थे श्री सिंह लोकताक डाउनस्ट्रीम डेवलपर्मेट कॉपरेशन लिमिटेड के मनोनीत निदेशक का भी पदभार संभाल चुके है उच्च शिक्षा विभाग की पहल पर ब्रीटिस काउंसिल अंग्रेजी भाषा संचार पाठ्यक्रम जवाहर लाल नेहरु कॉलेज पासीघाट में सोमवार से श्रु हो गया है प्रदेश के हर शाखा के य्वा व ऊर्जावान छात्रों को प्रतिभा और सॉफ्ट स्कील्स पर प्रशिक्षन देना इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य है यह कम्यूनिकेशन कोर्स अरुणाचल प्रदेश सरकार और ब्रीटिस काउंसिल के बीच हए समझौते के तहत राज्य के च्निंदा कॉलेजो में प्रदान किया जा रहा है और इसकी श्रुआत जे एन सी कॉलेज पासीघाट से किया जा रहा है हर शाखा से क्ल साठ छात्रों को दो बैच में बंटा गया है